त् सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचेगा झारखंड में भी पड़ सकता है असर

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण कल से शुरू हो गया

चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे

केंद्र ने राज्यों और केंद्रषासित प्रदेषों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है राज्य और केंद्रषासित प्रदेष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे

यह सारी छूट कंटेनमेंट जोन से बाहर ही दी जायेगी कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की श्री सोरेन ने कल लॉकडाउन के चौथे चरण में दी जाने वाली छूट को लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य षुरू करने की छूट दी गई है

साथ ही हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें किताब और स्टेषनरी की दुकानें भी खुलेंगी खुदरा षराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है इसके अलावा निजी कार्यालय में भी काम करने की छूट दे दी गई है नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर प्ररे राज्य में मोबाईल घड़िया उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स के सर्विसिंग सेंटर भी खुल जायेंगे

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से घायल लोगों की मदद के लिए आग्रह किया है साथ ही राज्य को ऑर्डिनेटर को निदेश दिया कि घायल लोगों की मदद और झारखण्ड वापसी के लिए सोलापुर प्रशासन से संपर्क स्थापित करें

राज्य में आठ और कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हई है कल लातेहार से दो गुमला गिरिडीह गढ़वा जमशेदपुर चाईबासा और हजारीबाग के एक एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉर्जिटिव आई है

वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमित जिलों में पश्चिमी सिंहभूम व ग्मला भी षामिल हो गया है द्रसरी तरफ गोड़डा फिर से ग्रीन जोन में षामिल हो गया है साथ ही पलामू में पांच कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए है

वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में मरीज की चिकित्सा आरंभ कर दी गई है

विशेष श्रमिक ट्रेन से रामगढ के बरकाकाना जंक्शन पर प्रवासी मजदरों और नागरिकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है जिला प्रशासन द्वारा वाहनों के माध्यम से सभी को अपने अपने जिलों में भेजा जा रहा है

चक्रवात उम्फन तीव्र होकर सुपर चक्रवाती तूफान में बदल गया है

उन्होंने बताया कि सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बंगलादेश के हटिया ट्वीप के बीच के इलाकों में पहुंचेगा उन्होंनने कहा कि ओडिसा में चक्रवात प्रर्वोत्तार हिस्से के तटीय इलाकों में आयेगा और राज्य के भद्रक और बालासोर में उम्फन का सबसे अधिक असर होने की आशंका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्देश दिया है कि चक्रवात उम्फन के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित निकालने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि चक्रवात के दौरान हुई क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी रखें बिजली और दूरसंचार जैसे आवश्यक सेवाओं का रख रखाव तथा किसी प्रकार की बाधा आने की स्थिति में सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करें तथा समय से पूर्व तैयारी रखें भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यो के लिए जहाज और हेलिंकॉप्टर तैनात किए हैं

बैठक में चकवात को लेकर विचार विमर्ष किया गया उम्फन का झारखंड के छह जिलों सहित बिहार के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के क्छ इलाकों में बारिष के आसार हैं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 उपराजधानी दुमका में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है इसमें आरोग्य सेतु ऐप लोगों की बड़ी मदद कर रहा है द्मका के युवा और महिलाए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इस जीवन रक्षक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं